भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और किसानों की कड़ी मेहनत से भारत अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन कर रहा है

उन्होंने कहा कि देश में पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी खेती को बढ़ावा देने और इस संबंध में अनुसंधान की आवश्यकता है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में ऐट होम कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि राजभवन में ऐट होम की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है लेकिन इस वर्ष लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को देखते हुए इस आयोजन को रदद किया गया है राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और देश में भी कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है राज्यपाल ने लोगों से सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने मास्क पहनने व स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र के कन्याल गांव में बादल फटने से हुए नुकसान का आज जायज़ा लिया

गोविंद ठाक्र ने प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को सड़क बिजली व पेयजल आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश दिए वन मंत्री ने लोगों से बरसात के दौरान नदी नालों से दूर रहने का आग्रह भी किया

इसमें ज़्यादातर राशि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए आबंटित की गई

उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं रामकुमार ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील भी की कार्यशाला कित्रौर जिले के रिकांगपिओ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कल्पा विकास खंड की दस ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा प्रंबंधन को लेकर आज एक कार्यशाला आयोजित की गई जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी संजीव राणा ने कहा कि कचरा प्रबंधन पर स्थानीय ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं

स्पिति के महिला युवा और व्यापार मंडलों ने इस संबंध में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को एक ज्ञापन भी सौंपा है

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले में मनरेगा कार्यो में तेज़ी लाई गई है ताकि ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती मिल सके उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से लोगों को घर द्वार पर रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं इस बीच डीआरडीए के परियोजना अधिकारी नवीन शर्मा ने कहा है कि लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार की पंचवटी और मुख्यमंत्री एक बीघा योजना को भी मनरेगा से जोड़ा गया है

इस दवा के सेवन से गले के संक्रमण और श्वास संबंधी रोगों में भी लोगों को लाभ मिलता है नमस्कार